मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश पिछले चार वर्षो में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रान्सफॉर्म की नीति पर अमल करते हुए राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने टीबी को जड से समाप्त करने के लिए लोगों से सहयोग का आह्वान किया

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड नाइन्टीन के तीन सौ तिरान्नबे नए मामले सामने आए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कल चार वर्ष पूरे हो गए इस अवसर पर लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश में चहुंमुखी विकास हुआ है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफार्म की नीति पर अमल करते हुये राज्य में विकास की अनेकों योजनाएं संचालित की हैं

श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में व्यवसाय और उद्यम के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षो में निजी क्षेत्र में करीब तीन लाख करोड़ रूपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है

आज प्रदेश के अंदर चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है

श्री योगी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है

श्री योगी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल करते हुए प्रदेश में संगठित अपराध को समाप्त किया गया है जिससे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण इसी वर्ष पूरा होने की उम्मीद है उन्होंने कहा कि करीब छः सौ किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है श्री योगी ने कहा कि चार वर्ष पहले प्रदेश में सिर्फ दो हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी में थे जबकि आज क्शीनगर जेवर और अयोध्या में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रयागराज कानपुर हिंडन बरेली में हवाई अड्डे संचालित किये जा रहे हैं और तेरह अन्य हवाई अड्डों और एक हवाई पट्टी को विकसित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल के संचालन के लिए निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है इसके अलावा गोरखपुर वाराणसी प्रयागराज और झांसी में जल्द ही लाइट मेट्रो शुरू की जायेगी प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के समी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री ने लखनऊ के शिल्पग्राम में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी श्भारम्भ किया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि क्षय रोग अब असाध्य बीमारी नहीं रह गयी है और इसका पूरी तरह से उपचार संभव है उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है श्रीमती पटेल सत्रह से चौबीस मार्च तक चलाए जा रहे टीबी जागरूकता सप्ताह पर आयोजित संगोष्टी को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए समी लोगों को एकज्ट होकर प्रयास करना होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षकर्धन ने कहा है कि कोविड टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए लोकसभा में कल एक प्रक प्रश्न के उत्तर में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली द्ष्प्रभाव सामने आए हैं डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की लगभग साढ़े तीन चार करोड़ लोगों को डोजिज लग गई हैं इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज सांइटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारीदुनिया कर रही है हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स के बारेमें कोई अपने मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने प्रचानमंत्री मोदी जीने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल मेंजाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को तीजिए अपने को सुरक्षित करिए अपने मित्रों को अपने परिवारजनों को समाज में सबको सुरक्षितकरने का काम करिए देश में अब तक तीन करोड़ तिरानबे लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में बाईस लाख दो हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है

प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी देखी जा रही है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के तीन सौ तिरान्नबे नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान एक सौ तेईस लोग बीमारी से स्वस्थ हए हैं और चार लोगों की मृत्य हई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो हजार चार सौ सत्तर हो गयी है राज्य में अब तक पांच लाख पन्चानबे हजार तीन सौ बयासी लोग कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं अब तक क्ल आठ हजार सात सौ सत्तावन लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है इस बीच लखनउ में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने कोरोना नियंत्रण के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है उन्होंने कान्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देते हए कहा कि सार्वजनिक स्थानों द्कानों और कार्यस्थलों पर भीडमाड़ न होने दी जाय उधर राज्य में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है

इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य और असैन्य अधिकारी तथा शहीद कैप्टन मनोज पांडेय के परिजन उपस्थित रहे थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर गांव में एक सरकारी स्कूल के लिए एक लाख रूपये का चेक आर्थिक मदद के रूप में भेंट किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे उन्होंने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया